अधिकांश स्कूलों में प्रधानाचार्यों की देख रेख में सेनेटाईजेशन का कार्य पूरा कर लिया गया है विद्यार्थी अध्यापकों से मार्गदर्शन के लिए स्वेच्छा से स्कूल आ सकेंगे लेकिन इसके लिए अभिभावकों की सहमति भी अनिवार्य होगी

इसके अलावा बच्चों की ऑनलाईन शिक्षा जारी रहेगी

शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक छात्रों को अधिक संख्या में स्कूल नहीं बुलाया जाएगा सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सभी स्कूलों में गेट पर सेनेटाइजर होगा और थर्मल स्केनिंग के बाद ही शिक्षक गैर शिक्षक और बच्चे स्कूल परिसर में प्रवेश कर सकेंगे

इस दौरान लोगों को कोरोना संक्रमण को रोकने सम्बंधी सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा ऐसा न करने की सूरत में कार्रवाई की जाएगी वहीं अब राज्य में खेल व अन्य मनोरंजन गतिविधियां भी आयोजित की जा सकेंगी

प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेजने को कहा है लोग अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं टोल फ्री नंबर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर डायल कर संदेश रिकॉर्ड करवाए जा सकते है

अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल में कोरोना से डॉक्टर की पहली मौत प्रदेश भर में नौ मरीजों ने तोड़ा दम पंजाब केसरी का शीर्षक है मैडिकल कॉलेज नेरचौक के डाक्टर सहित नौ की कोरोना से मौत दैनिक जागरण के शब्द हैं मेडिकल कॉलेज विभागाध्यक्ष समेत कोरोना से सात की मौत

दैनिक जागरण के मुताबिक अटल टनल का लोकार्पण तीन अक्तूबर को करेंगे पीएम मोदी मुख्य सचिव वीडियो कांफ्रेंसिंग से आज लेंगे तैयारियों का जायजा वन विभाग के केस में प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए हिमाचल दस्तक ने खबर को शीर्षक दिया है कोर्ट गए कर्मी के वित्तीय लाभ प्रतिबंधित करना गैर कानूनी इसी खबर पर पंजाब केसरी की सुर्खी है कर्मचारी के वित्तीय लाभ प्रतिबंधित नहीं कर सकती सरकार हिमाचल दस्तक ने हाईकोर्ट के हवाले से सुखी दी है पेंशन के लिये गिनी जाए वर्क चार्ज सेवा